श्री कटारिया कल जिले के रामगढ़ स्थित ललावंडी गांव में घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया घटना की न्यायिक जांच राजगढ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है घटना स्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि यदि पुलिस घायल व्यक्ति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने रकबर के साथ मारपीट की हो

विघेयक पर बहस का उत्तर देते हुए कार्मिक और जन शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार जैसी बुराईयों पर अंकृश लगाने के लिए कई कदम उठाये हैं इस कानून को ऐतिहासिक करार देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि म्रष्टाचार दुनियाभर में व्याप्त है मगर सरकार इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने एलर्ट जारी किया है और सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है

इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है राजधानी जयपुर में कल दिनभर हल्की से ं तेज वर्षा होने से लोगों को उमस से थोडी राहत मिली है भीलवाडा में जिलेमर में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के समाचार है सीकर में नीम का थाना के मावंडा में तेज बारिश के कारण मकान गिरने से तीन लोग दब गये मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिये प्रशासन के द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है वहीं सीकर के हथौरा गांव में खेत में काम करते समय पानी के तेज बहाव में बह जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई सवाईमाघोपुर में भी वर्षा का दौर जारी है

डिजीफेस्ट के पहले दिन आज किकेटर गौतम गंभीर और आर पी सिंह टेक रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे दो किलोमीटर लम्बी इस रेस में आमजन भी भाग ले सकेंगे तीन दिवसीय डिजीफेस्ट में प्रदेश के साथ देशमर से आई टी प्रतिमाएं जैसे कोडर्स स्टार्टअप विद्यार्थी और उद्यमी भाग लेंगे इस फेस्ट में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आम जीवन को सुलभ बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार किए गए तीन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को नकद पुरस्कार दिया जाएगा बीकानेर के पोलिटेक्निक कॉलेज में आज पहले दिन जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा

इस दौरान कर्मचारियों ने निगम की बसों का चक्का जाम कर दिया है

संगठनों के नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती हैं